मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी दिनों में गणेश उत्सव और मोहर्रम जैसे त्यौहारों में किसी तरह का सार्वजनिक आयोजन और समागम ने करने की अपील की है उन्होंने अधिकारियों को इस तरह के आयोजन न होने देने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कल कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि कहीं भी मूर्तियों और ताजियों को निर्माण हो रहा हो तो उस पर तत्काल रोक लगाये मुख्यमंत्री ने लोगों से धार्मिक कार्यक्रम घर में ही करने की अपील की

श्री चौहान ने राजगढ़ और सीधी जिले की स्थिति की समीक्षा की

एक कोरोना मरीज की मृत्यु भी हो गयी जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना संकमण के मामलों में वृद्वि को देखते हुए खासतौर पर वृद्व व्यक्तियों के लिए विशेष शारीरिक जांच कराने के आदेश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के अलावा बुजुर्गों की हर तरह की जांच अस्पतालों में की जानी चाहिए

होशंगाबाद में कोरोना की रोकथाम के उपायों के साथ ही संक्रमित मरीजों को कोविड सेंटर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है उन्हें पौष्टिक आहार और आयुष काढ़ा के साथ ही मनोरंजन की सुविधाएं भी दी गई है सम्मान पोर्टल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार का यह प्रयास है कि कर प्रणाली को पारदर्शी और परेशान न करने वाली बनाया जाए कल वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में कृशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल का स्थान लेगी

श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य ज्यादातर मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक तीन करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार द्वारा लांच की गयी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान की नयी व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से नागरिकों के साथ ही देश भी सशक्त होगा श्री चौहान ने टवीट कर कहा ऐसे अभिनव प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न शीघ्र साकार होगा

इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह को ध्यान में रखते हुए देश भर में व्यापक तैयारियां की गई है प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह लालपरेड मैदान पर कोरोना के निर्देशों के पालन के साथ आयोजित किया जायेगा जिलों में भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है वहीं कल दिल्लीं के ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल की गयी

यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आज शाम के प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण राष्ट्रपति के संबोधन के तुरन्त बाद होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारण किया जायेगा राष्ट्रपति के संबोधन का दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे पटेल चिट्ठी केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह संसदीय क्षेत्र की कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के संबंध में राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि सागर जिले की रेहली तहसील में कोपरा नदी पर प्रस्तावित ये परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है उन्होंने परियोजना से प्रभावित वनभूमि के बदले में राजस्व भूमि स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सरकार को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया है

नियमित विद्यार्थियों से अपने स्कूलों से संपर्क करने और प्रायवेट विद्यार्थियों से बोर्ड की वेबसाईट पर दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन करने को कहा गया है सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा की तारीख जल्दी ही घोषित कर दी जायेंगी मौसम समूचे मध्यप्रदेश में मॉनसून सकिय है राजधानी भोपाल सहित प्रदेष के अधिकांष जिलों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिष हुई हैं

मौसम विभाग ने आज छिंदवाड़ा बैतूल हरदा खंडवा अलीराजपुर झाबुआ और धार जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है वही अनूपपुर डिंडोरी छतरपुर सीहोर राजगढ होशंगाबाद बुरहानपुर खंरगोन बडवानी देवास आगर शिवपुरी दतिया मुरैना में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है